तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की केदारनाथ यात्रा को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की उत्तर प्रदेश में भाजपा ने मायावती और अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जयपुर में आज देश के पहले ब्लड बैंक वॉलेट की शुरूआत हुई प्रदेश में वन्य जीवों की गणना का काम पूरा हुआ डूंगरपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कल से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा प्रदेश को आज अंधड़ से राहत मिली कई स्थानो पर गर्मी ने फिर जोर पकडा

इस चरण में सात राज्यों और एक केंद्र शांसित प्रदेश के उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की तेरह तेरह पश्चिम बंगाल की नौ बिहार और मध्य प्रदेश की आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चार झारखंड की तीन और चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट शामिल है इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा रविशंकर प्रसाद हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रनाथ पांडेय किरण खेर सनी देओल और रविकिशन शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल कांग्रेस की मीरा कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी इसी चरण से होगा

भाजपा नेता और पार्टी के प्रदेश निर्वाचन प्रबंधन प्रमुख जे पी एस राठौड़ ने बताया कि दोनों नेताओं ने शुक्रवार को लोकसभा के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ट्वीट किए थे

आयोग को भेजे पत्र में पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि पिछले दो दिन से सभी राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया टेलीविजन मोदी की इस यात्रा को दिखा रहे हैं जो पूरी तरह अनैतिक और गलत है

श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आध्यात्मिक चेतना की भूमि पर आने का अवसर मिला है

श्री नायड् केन्द्र में गैर भाजपा सरकार के लिए समर्थन जुटाने के सिलसिले में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती से मिलने के लिए लखनऊ जाने से पहर्ल कल भी राहल गांधी और शरद पवार से बातचीत की थी वे लोकतांत्रिक जनता दल नेता शरद यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और आम आदमी संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मिले

स्ट्रडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा

पहला बुलेटिन सुबह साढे आठ बजे प्रसारित होगा रात सवा आठ बजे बुर्लेटिन के साथ चुनाव परिणाम विश्लेषण आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित किया जायेगा

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने इसे जारी किया वॉलेट के माध्यम से रक्तदाता द्वारा दिए गए रक्त का डिजिटल लेनदेन शुरू किया जाएगा यह वॉलेट बैंकिग प्रणाली पर आधारित है इस अवसर पर स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के चैयरमेन डॉ एसएस अग्रवाल ने बताया कि यह वॉलेट पेटीएम की तरह काम करेगा और जिस तरह बैंक खाते से पैसे निकाल सकते है उसी तरह एक एप के द्वारा इसमें भी खून का लेनदेन संभव होगा

इस दौरान डेंगू के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार की गतिविधियां आयोजित की जा रही है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि इस पखवाडे के दौरान प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले सभी मरीजों के परिजनों को मच्छरों के लार्वा के बारे में आवश्यक जानकारियां दी जाएंगी

डॉशर्मा ने बताया कि मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में वर्ष भर का कैलेंडर तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं

प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों और वनों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों द्वारा यह कार्य किया गया वन्यजीवों की गणना वॉटर होल्स के जरिए की गई

प्रभात फेरी में स्काउट गाईड आंगनबाडी कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों ने भाग लिया डेगाना के उपखण्ड अधिकारी पचायत समिति विकास अधिकारी तथा अतिरिक्त सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इस अवसर पर मौजूद रहे

विभाग का मानना है कि इससे बच्चों में सोचने की क्षमता विकसित होगी

बाडमेर जिले में पिछले दिनों लगातार चले अंधड से हुए नुकसान से निपटने का काम तेजी से चल रहा है

करौली में भी तेज गर्मी ने परेशानी बढा दी है जयपुर और बीकानेर में बादलों के कारण मौसम सुहाना बना रहा

मामले की जांच की जा रही है